यदि द्श्मन देश पर हमला करेगा तो उसका मी हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं मुख्यमंत्री आज आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैंसठवें राष्ट्रीय अधिवेशन के पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न राज्यों से आये लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अखिल मारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में लघ भारत का दर्शन देखने को मिलता है श्री योगी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र शक्ति को राष्ट्रवाद का पाठ सिखाया प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि जब राज्य में उनकी सरकार आयी थी तो बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति खराब थी इसके लिए स्कल चलो अभियान चलाया गया और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दी गईं उन्होंने कहा कि पचास लाख नए छात्रों को स्कलों में प्रवेश दिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि बिना पढे सर्टिफिकेट चाहने वाले पांच लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी श्री योगी ने कहा कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए महापुरुषों की जयंती मनाओ और छट्टी बंद करो की नीति अपनाई गई है इन विशेष अवसरो पर स्कूल खोलकर छात्रों को त्योहार और जयंती मनाने के महत्व के बारे में बताया जाता है कल संविधान दिवस है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयन्ती समारोह के क्रम में संसद में सत्ताईस नवम्बर दो हजार पन्द्रह को संविधान के प्रति वचनबद्धता पर हई बहस के समापन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित किया था अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि संविघान में दो सिद्वान्तों पर विशेष बल दिया गया है पहला भारतीयों का आत्म सम्मान और दूसरा भारत की एकता संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है और उस समय जिनके नेतत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला हैं इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है हम जितना गौरव करें उतना कम हैं और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्नेटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया संविधान दिवस पर कल प्रदेश विधानमण्डल का चौबीस घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन के साथ सुबह ग्यारह बजे इस विशेष सत्र का ि ् भारंभ होगा सत्र के दौरान संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों तथा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों पर व्यापक चर्चा की जाएगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में भाग लेगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस विशेष सत्र में हिस्सा लेगी

फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लिये राज्य के उन्नीस जिलों में व्यापक उपचार अभियान चलाया जा रहा है

एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को संकल्प दिलाया कि वे खूद दवा खायेंगे और दस अन्य बच्चों को भी दवा खाने के लिये प्रेरित करेंगे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लोगों से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में सरकार को सहयोग देने की अपील की है उत्तर प्रदेश सरकार रा ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पच्चीस नवमबर दो हजार उन्नीस से उन्नीस जिलों में फाइलेरिया उन्मुलन के लिये मास्क ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउण्ड चलाये गये जिनमें से ग्यारह जिलों में लामार्थियों को ट्रिपल ड्रग थेरेपी आईडीए दी जायेगी ये दवाइो स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समुदाय में सभी लामार्थियों को उपलब्ध करायी जायेंगी यह दवाई पूरी तरह से सुरक्षित है ये बहत जरूरी है समी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इन दवाइयों का सेवन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने जरूर करें

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्रमारी डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में सर्वे के दौरान नौ से इक्कीस प्रतिशत स्वस्थ व्यक्तियों में फाइलेरिया के लक्षण पाये गये